आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि देश में सैकड़ों भाषाये सदियों से पुष्पित पल्वित होती रही है उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने दो हजार उन्नीस को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित किया है और उन भाषाओं को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं श्री मोदी ने उत्तराखण्ड में अपनी भाषा के संरक्षण के लिए एक समुदाय के कुछ लोगों द्वारा शुरु की गई पहल की चर्चा भी की प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मुहिम की चर्चा करते हुए फिट इंडिया सप्ताह मनाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहल की सराहना की इस सप्ताह के दौरान फिटनेस से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे प्रधानमंत्री ने देश भर के स्कूल बोर्डो और प्रबंधन से दिसंबर में फिट इंडिया सप्ताह मनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे फिटनेस की आदत हमारी दिनचर्या में शामिल हो जायेगी श्री मोदी ने कहा कि फिट इंडिया सप्ताह के कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के साथ साथ उनके शिक्षक और माता पिता भी शामिल हो सकते हैं ठंड के शुरु हो रहे मौसम को देखते हुए उन्होने सुझाव दिया कि फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को मौसम का भरपूर फायदा उठाना चाहिए अयोध्या भूमि मामले पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले पर श्री मोदी ने कहा कि पूरे देश ने दिल खोलकर पूरी सहजता और शांति के साथ इस फैसले का स्वागत किया है उन्होंने लोगों को उनके धैर्य संयम और परिपक्वता के लिए धन्यवाद दिया श्री मोदी ने कहा कि अगर हर कोई अपने आस पास के इलाके को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने का संकल्प कर ले तो फिर प्लास्टिक मुक्त भारत पुरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल पेश कर सकता है परीक्षाओं के बारे में श्री मोदी ने कहा कि वे परीक्षा के समय युवा साथियों को हंसता खिलखिलाता माता पिता को तनाव मुक्त और शिक्षकों को आश्वस्त देखना चाहते हैं राज्यपाल डॉ॰बी॰डी॰ मिश्रा ने सुझाव दिया कि देश की शिक्षा प्रणाली को स्थायी आजीविका और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक कल्याण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए

उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं की आकांक्षा विशेष रुप से पहाड़ियों और द्रर दराज के इलाकों ग्रामीण एवं उपनगरिय क्षेत्रों से एक उच्च शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित और फिर से सक्रिय करने की मांग करती है राज्यपाल ने कहा कि बौद्धिक ईमानदारी ज्ञान प्रतिबद्धता और शिक्षण क्षमता अनिवार्य रुप से शिक्षकों के पवित्र कर्तव्यों का हिस्सा होना चाहिए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर कौशल आधारित कार्यक्रमों का आह्वान करते हुए शिक्षा को रोजगार बढ़ाने वाले विषयों से जोड़ा जाना चाहिए ईटानगर के निकट बोमडिला होटल के पीछे दोकियोसी कॉलोनी में कल तड़के साढ़े तीन बजे में हुई आग दुर्घटना में दो बच्चों सहित एक ही परिवार के चार सदस्यों की जलकर मौत हो गई मृतकों की पहचान क्रा दादी जिले के ताली विधानसभा क्षेत्र के पिपसोरांग के पैंतीस वर्षीय हा तासांग उनकी पत्नी हा यानिंग और दो बेटिया आठ वर्षीय यापी और छह वर्षीय यामा के रुप में की गई है राज्य के विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना ने कहा कि राज्य में सामाजिक सुधार के लिए सामुदायिक आधारित संगठन छात्र संगठन और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है श्री सोना ने कहा कि चाहे वह सामाजिक संकट हो महिला एवं बच्चों के अधिकारों के लिए हो या कोई अन्य सामाजिक संबंधित समस्या सी बी ओ को आगे आकर इस पर तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए ताकि ठोस और सार्थक परिणाम निकले ये बात श्री सोना ने कल ईटानगर में ड्ररांग लर्निंग इंस्टीट्यूट और अरुणाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकारी द्वारा भारत के पूर्वोत्तर में जनजातीय प्रथागत कानून और महिला अधिकार विषय पर संयुक्त रुप से आयोजित पैनल डिस्काशन में कही उन्होंने कहा कि संगठनों का खासतौर पर सामुदायिक आधारित संगठनों का दायित्व समाज को विकसित होने में मदद करनी चाहिए क्योंकि चीजे समान नहीं रह सकती हैं देशभर सहित अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय भी आगामी छब्बीस नवंबर को संविधान दिवस मनाने जा रही है

अपने संबोधन में ई ए सी कामिन दारांग ने खिलाड़ीयों से प्रतियोगिता के दौरान अनुशासन और खेल की भावना को बनाए रखने का आह्वान किया डी एस ओ खेल नादा अपा ने बताया कि खेल विभाग द्वारा आयोजित हंगपन दादा मेमोरियल ट्रॉफी प्रतियोगिता राज्य में सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है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 आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सोलह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया